इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा यूके में कोरोना वायरस के नये स्वरूप की पुष्टि की गई है यूरोपियन सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल द्वारा इस कोरोना वायरस के नये स्वरूप को अधिक संक्रामक तेजी से फैलने वाला और छोटे आयु समूहों को संक्रमित करने वाला बताया गया है इस वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए केन्द्र सरकार द्वारा जारी एसओपी के अनुसार छत्तीसगढ़ आने वाले ऐसे सभी यात्रियों जिन्होंने पिछले चार सप्ताह के भीतर यूके की यात्रा की हो उनके लिए ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं बताया गया है कि पिछले चार हफ्तों में सौ से अधिक लोग यूके से छत्तीसगढ़ लौटे हैं इनमें से कुछ लोगों की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजीटिव आई है ऐसे व्यक्ति जिनके सैंपल की जांच में नये स्वरूप वाले वायरस की पुष्टि होती है उन्हें पृथक आइसोलेशन इकाई में चौदह दिन रखा जाएगा और चौदहवें दिन पुनः जांच की जाएगी एसओपी के अनुसार पिछले चार सप्ताह के भीतर यूके की यात्रा कर छत्तीसगढ़ आने वाले सभी यात्रियों को अपनी यात्रा के संबंध में जानकारी और शपथ पत्र देना अनिवार्य है इस बीच छत्तीसगढ़ में कोरोना टीकाकरण को लेकर तैयारियां भी शुरू हो गई हैं बिलासपुर जिले में कोरोना टीकाकरण के संबंध में संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है जिले में कोरोना वैक्सीन रखने के लिए चौदह सेंटर बनाए गए हैं कोरोना समाचार जागरूकता प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के आठ सौ तिरपन नये मामलों की पुष्टि हुई है भाजपा के विधायक और पुर्व मंत्री बजमोहन अग्रवाल ने भी स्वयं के कोरोना संक्रमित होने की जानकारी दी है इन्हें मिलाकर छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या दो लाख तिहत्तर हजार से अधिक हो गई है वर्तमान में चौदह हजार से अधिक मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है जबकि तीन हजार दो सौ तिरसठ लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना संक्रमण से हो रही मौतों को कम करने के लिए लक्षण दिखने के चौबीस घंटे के अंदर कोरोना जांच कराने की अपील लोगों से की है स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि लोगों द्वारा लापरवाही बरतने के कारण कोरोना से मृत्यु के आंकड़े बढ़ रहे हैं लक्षण नजर आने के बाद भी लोग कोरोना की जांच नहीं करवा रहे हैं और स्थिति बिगड़ने पर ही अस्पताल पहंचते हैं इस बीच छत्तीसगढ़ की जानी मानी लोकगायिका और नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित रजनी रजक ने लोगों से कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जरूरी सावधानियां बरतने की अपील की है

इसका उद्देश्य ऐसे पत्रकारों के परिजनों को सहायता पहुंचाना है पत्र सूचना कार्यालय ने ऐसे पत्रकारों के परिजनों को एक निर्धारित प्रारूप में विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहा है जो इसकी वेबसाइट पर उपलब्ध है धान खरीदी प्रदेश में इन दिनों समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी जारी है इस दौरान कई उपार्जन केन्द्रों में बारदाने की कमी और अन्य अव्यवस्था होने की शिकायतें भी सामने आ रही हैं इस संबंध में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने बिलासपुर प्रवास के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि धान खरीदी केन्द्रों में बारदाने की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं वहीं प्रदेश में धान खरीदी में हो रही अव्यवस्था को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने आज धमतरी में कलेक्टोरेट के सामने धरना प्रदर्शन किया उधर महासमुंद जिले में खाद्य विभाग की टीम ने अलग अलग स्थानों से दो सौ संतावन बोरा धान जब्त किया है ऑपरेशन मुस्कान छत्तीसगढ़ पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान अभियान के जरिये पिछले दो वर्षों में चार हजार तीन सौ सत्रह ग्रमशुदा बच्चों को खोज निकाला है इनमें सात सौ इकतालीस बालक और तीन हजार पांच सौ छिहत्तर बालिकाएं शामिल हैं इनमें से अधिकांश बच्चों को उनके परिजनों के सुपूर्द कर दिया गया है पिछले दो वर्षों में प्रदेश में क्ल पांच हजार दो सौ सत्ताईस बच्चों की गुमशुदगी दर्ज कराई गई है पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर गुमशुदा बच्चों को ढूंढने के लिए ऑपरेशन मुस्कान अभियान चलाया जा रहा है इसके तहत अलग अलग महीनों में विशेष अभियान चलाकर इतनी बड़ी संख्या में बच्चों को ढूंढकर उनके परिजनों को सौंपा गया है श्री अवस्थी ने बताया कि गुमशुदा बच्चों को तत्काल बरामद किया जाना आवश्यक है क्योंकि इन बच्चों के भिक्षावृत्ति बाल श्रम लैंगिक शोषण आदि के शिकार होने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं माओवादी गिरफ्तार सुकमा जिले में सुरक्षा बलों ने पांच माओवादियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है पुलिस अधीक्षक कन्हैयालाल ध्रव ने बताया कि सीआरपीएफ कोबरा बटालियन डीआरजी और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने इन माओवादियों को किस्टाराम इलाके से गिरफ्तार किया इनके पास से आईईडी बनाने का सामान भी बरामद किया गया है इन माओवादियों के खिलाफ विभिन्न हिंसक वारदातों में शामिल रहने का आरोप है वहीं दंतेवाड़ा जिले में भी सुरक्षा बलों ने एक इनामी माओवादी को गिरफ्तार किया है अरनपुर थाना क्षेत्र के नहाड़ी के जंगलों में गश्त के दौरान सीआरपीएफ और डीआरजी की संयुक्त टीम ने इस माओवादी को पकड़ा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 मन की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह ग्यारह बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे मासिक रेडियो कार्यक्रम का यह बहत्तरवां संस्करण होगा यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क और आकशवाणी समाचार की वेबसाइट पर भी प्रसारित किया जाएगा आकाशवाणी दूरदर्शन समाचार प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यू ट्यूब चैनलों पर भी इसका लाइव स्ट्रीम किया जाएगा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 लोकवाणी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लोकवाणी में इस बार युवाओं से बातचीत करेंगे इस संबंध में कोई भी व्यक्ति आकाशवाणी रायपुर के दूरभाष नंबर शून्य सात सात एक दो चार तीन शून्य पांच शून्य एक पांच शून्य दो और पांच शून्य तीन पर अट्ठाईस उनतीस और तीस दिसंबर को दोपहर तीन से चार बजे के बीच फोन करके अपने सवाल रिकॉर्ड करा सकते हैं मुख्यमंत्री की मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी की चौदहवीं कड़ी का प्रसारण दस जनवरी दो हजार इक्कीस को होगा इसका प्रसारण छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र एफएम रेडियो और क्षेत्रीय समाचार चैनलों से सुबह साढ़े दस बजे से ग्यारह बजे तक किया जाएगा हमर ग्राम सभा पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव कल रात साढ़े सात बजे आकाशवाणी रायपुर से प्रसारित विशेष कार्यक्रम हमर ग्राम सभा में राज्य शासन की नीतियों योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देंगे इस कार्यक्रम को मीडियम वेव नौ सौ इकयासी किलोहर्ट्ज पर सुना जा सकता है इस कार्यक्रम को प्रदेश स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र एक साथ रिले करेंगे मुख्यमंत्री प्रवास मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ और बलौदाबाजार भाटापारा जिले के सिमगा में आयोजित गुरू घासीदास जयंती कार्यक्रम में शामिल होंगे इसके बाद श्री बघेल रायपुर जिले के बिरगांव में आयोजित छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी क्षत्रीय समाज के राज अधिवेशन समारोह में भी शिरकत करेंगे भाजपा प्रशिक्षण शिविर भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर कार्यकर्ताओं का मंडल स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है इसी कड़ी में रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में मंडल स्तरीय कार्यकर्ताओं का दो दिवसीय प्रशिक्षण आज से शुरू हुआ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने राज्य सरकार पर पिछले दो वर्षों में प्रदेश के हित में कोई भी विकास कार्य नहीं करने का आरोप लगाया कार्यक्रम में सांसद सुनील सोनी पूर्व मंत्री राजेश मुणत और जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी भी मौजुद थे वहीं जांजगीर चांपा जिले में भी मंडल स्तरीय दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है

प्रशिक्षण कार्यक्रम में विधायक नारायण चंदेल सहित पार्टी के अनेक कार्यकर्ता मौजूद थे भाजपा सुशासन दिवस भारतीय जनता पार्टी द्वारा राजनांदगांव स्थित पार्टी कार्यालय में कल पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया इस मौके पर पार्टी के वरिष्ठ नेता खूबचंद पारख ने कहा कि भाजपा ने सदैव ही अंत्योदय और सभी वर्गों की चिंता कर योजनाओं को अमल में लाने का कार्यक्रम बनाया है

इस दौरान स्मार्ट सिटी से नेहरू नगर को जोड़ने वाली सड़क पर कई भवनों को तोड़ा गया स्मार्ट सिटी रोड को नर्मदा नगर चौक से जोड़ने की योजना के तहत तोड़फोड़ की यह कार्रवाई की गई है सड़क चौड़ीकरण होने से नर्मदा नगर चौक से शहर के विभिन्न इलाकों में आने जाने वाले लोगों को काफी सुविधा होगी जानवर शिकार आरोपी गिरफ्तार महासमुंद जिले के बारनवापारा अभयारण्य क्षेत्र में वन विभाग की टीम ने जंगली जानवर का शिकार करने के आरोप में सात लोगों को गिरफ्तार किया है आरोपियों के पास से सांभर का सींग खाल पैर के साथ ही शिकार में प्रयुक्त होने वाली तार और कुल्हाड़ी जब्त की गई है आरोपियों के खिलाफ वन अपराध के तहत यह कार्रवाई की गई है संक्षिप्त समाचार राजनांदगांव निवासी वरिष्ठ साहित्यकार और हिन्दी के प्रोफेसर डॉक्टर गणेश खरे का आज रायपुर के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया वे पचयासी वर्ष के थे राजनांदगांव में मां पाताल भैरवी मंदिर और बर्फानी धाम की स्थापना करने वाले बर्फानी दादा का आज राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी में अंतिम संस्कार किया गया इसमें मंदिर समिति के सदस्यों सहित अन्य भक्त भी शामिल हुए पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने आज अमलेश्वर थाना पहंचकर खुड़मुड़ा गांव में चार लोगों की हत्या के मामले में चल रही विवेचना के संबंध में पुलिस अधिकारियों से जानकारी ली डीजीपी ने पुलिस अधीक्षक को भी जांच के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए